मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी गोवा में फंसे प्रदेश के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रैसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए दी

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे राज्य के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

कल देर शाम कांगड़ा और हमीरपुर से कोरोना पॉजिटिव मरीज के दो नए मामले सामने आये हैं

इस व्यक्ति को क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में भर्ती कराया गया है वहीं हमीरपुर के नादौन उपमंडल के हटली गांव के एक व्यक्ति में भी कोरोना संकमित होने की पुष्टि हुई है

रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे चेरिटेबल अस्पताल भोटा भेजा गया है वहीं डॉ वाईएस परमार मैडिकल कॉलेज में पांवटा साहिब से लाई गई दोनों युवतियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है इन दोनो युवतियों की कोरोना संकमण जांच एक निजी लैब में की गई थी जोकि पहले पॉजिटिव पाई गई थी

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा है कि इन क्षेत्रों में कफ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जायेगी और आम लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा केवल स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी या अन्य लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में इस दौरान सभी तरह के निर्माण और अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी और इन क्षेत्रों में आने वाले कार्यालय भी बंद रहेंगें प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पिति के उंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है लाहौल स्पिति से हमारे प्रतिनिधी ने बताया कि मौसम के इस बदले तेवर से लोगों को मई महीने में भी भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा हैं वहीं राज्य के निचले कुछ क्षेत्रों में हो रही वर्षा से किसानों और बागवानों की फसलों सहित नकदी फसलों को नुकसान हो रहा है कांगड़ा से हमारे प्रतिनिधी ने बताया कि जिले के कुछ क्षेत्रों में रात से ही आंधी और तुफान के साथ वर्षा हो रही है जिससे लोगों की आम की फसलों सहित अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है इधर राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी वर्षा हो रही है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना के दो नए मामले आने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में दो और कोरोना पॉजिटिव नगरोटा बंगवा और गलोड़ का युवक लौटे हैं दिल्ली से पंजाब केसरी की सुर्खी है कांगड़ा व हमीरपुर ज़िलों में दो और कोरोना पॉजिटिव दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल को झटके जारी दो और कोरोना पॉजिटिव आपका फैसला के मुताबिक सिरमौर के निजी लैब की रिपोर्ट में पॉजिटिव निकली युवती सीआरआई कसौली में हुई निगेटिव

अमर उजाला की सुर्खी है सरकारी स्कूलों में दाखिले कल से प्रधानाचार्य और गैर शिक्षक बुलाये ऑनलाईन आवेदन न करने वाले स्कूल में भर सकेंगे फार्म

आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है होम क्वारंटाइन के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं पंचायत प्रधान